हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एंव अवसंरचना विकास के निगम भ्र खंडो की बकाया राशि पर ब्याज और दंड के तौर पर लिए जाने वाले ब्याज के भ्गतान में बड़ी राहत देने की घोषणा की है

फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में न्यायधीश ने दो दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जबकि एक को बरी किया

रेल अधिकारियों ने कहा है कि किसानों दवारा भारत बंद के आहवान का देशभर मे लगभग ना के बराबर असर रहा भारत बंद के मद्देनज़र केवल चार शताब्दी रेलगाडिय़ां रदद की गई है क्योंकि पंजबा और हरियाणा मे दो दर्जन से अधिक स्थानों पर किसान रेल पटारियों पर प्रदर्शन कर रहे है अम्बाला छावनी के निकट शाहप्र गांव के पास बहत से किसान रेल पटरी पर बैठे है जिसके कारण दिल्ली और सहारनप्र के बीच चलने वाली सभी रेलगाडियां रास्ते मे ही फंसी रही हालांकि अधिकारियों ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के क्छ स्थानों को छोड़कर सभी जगहों पर रेलगाड़ियां सुचारू संग से चल रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के भू खंडो की बकाया राशि पर ब्याज और दंड के तौर पर लिये जाने वाले ब्याज के भ्गतान में बड़ी राहत देने की घोषणा की है औद्योगिक संघों उद्यमियों तथा अन्य हित धारकों के साथ विवादों के समाधान की अनूठी पहल करते हूये उप मुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की

छ वर्ष से अधिक की कोई भी समय में वृद्धि मान्य नहीं होगी

कल अदालत ने तौशीफ और रेहान का दोषी करार दिया था

फतेहाबाद जिले के गांव शिंगसरा को लिंगान्पात में सर्वश्रेष्ठ गांव प्रस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टवीटर के माध्यम से इस उपलब्धि के लिए गांव के लोगों और जिले के सभी अधिकारियों को बधाई दी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे

आकाशवाणी डी डी न्यूजं प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा

शिक्षा निदेशालय हरियाणा के निर्देशों पर कोविड सम्बधी नियमों का पालन करते हए नकल रहित परीक्षायें संचालित की गई हमारे संवाददाता ने बताया कि परीक्षाओ के लिए प्रश्न पत्र शिक्षा बोर्ड दवारा तैयार किए गये है